्र पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पूर्व बाडमेर सांसद जसवन्त सिंह का निधन प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया शोक

महात्मा गांधी की डेढ सौवीं जयंती वर्ष के अवसर पर अपनी विशेष श्रंखला बापू में आज प्रस्तुत हैं सांप्रदायिक सदभाव के विषय में बापू के विचार पश्चिम बंगाल में सोदपूर में प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वह ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा

इसका आकाशवाणी द्रदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया के पूरा होने का लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शांति सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत समूची विश्व अर्थव्यवस्था की ताकत को और मजबूत करेगा

उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को भंग नहीं करने की अपील की है

इस बैठक के बाद प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में रखने और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर पुलिस आयुक्त जयपुर आनन्द श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एमएन दिनेश सहित अन्य अधिकारियों को कल रात को हेलीकॉप्टर से ड्रंगरपुर भेजा गया है श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हितो की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और समाज के किसी भी वर्ग की कानून सम्मत और न्यायोचित मांगों पर विचार करने तथा संवाद के लिए हर समय तैयार है उन्होंने टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं नौजवानों से अपील की है कि वे हिंसा को छोडें और सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आगे आएं

उनका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जसवन्त सिंह हमेशा राजनीति और समाज को लेकर उनके बेमिसाल विचारों के लिए याद किये जाएंगे उन्होंने भाजपा को मजबूत करने में अहम योगदान दिया

उधर जोधपुर और सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमण के बढते मामलों को लेकर आज भी लॉकडाउन लगाया गया है पुलिस और नगर निकाय के अधिकारियों ने जोधपुर शहर के विभिन्न इलाकों में मार्च निकाला और लोगों से घरों में ही रहने का अनुरोध किया शहर में कल सुबह तक लॉकडाउन रहेगा आवश्यक सेवाओं को पाबंदी से छूट दी गई है विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को आवाजाही की अनुमति होगी

श्री गहलोत ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी कोरोना संक्रमण के संबंध में चर्चा की

सिरोही के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि सिरोही जिले में तालाबों और एनीकट में हुई खुदाई से पानी की अच्छी आवक हुई है